राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे इस अवसर पर कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष संवैधानिक पदाधिकारी व राजनयिक भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सदैव अटल स्माधि स्थल जाकर दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की बाद में उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को भी श्रद्वासुमन अर्पित किए नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश के चारों नवनिर्वाचित सांसद भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे प्रसारण इस बीच आकाशवाणी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित करेगा जिसे शाम साढ़े छह बजे सुना जा सकता है

मोदी अगेन मिशन मोदी अगेन पीएम की चम्बा जिला इकाई ने आज चम्बा के भद्रम गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया इस मौके पर मोदी के पुनः प्रधानमंत्री बनने पर केक काटा गया और लोगों को प्रसाद बांटा गया संगठन की चम्बा जिला इकाई के अध्यक्ष अशोक ठाकुर और महिला मोर्चा के अध्यक्ष इंदु बाला ने इस मौके पर मौजूद लोगों को मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से अवगत करवाया हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने आज एक सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में दो न्यायधीशों को प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई इनमें न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायाधीश अनूप चिटकारा शामिल है

उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी न्यायाधीश राज्य के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शीघ्र और समय पर न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे उन्होंने ये भी कहा कि दो नए न्यायाधीश मिलने से प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों में तेजी आएंगी

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बायोमैडिकल वेस्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा संदीप कुमार आज धर्मशाला में जिला स्तरीय बायोमैडिकल वेस्ट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमैडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण की निगरानी के लिए कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को बायोमैडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर नियमित बैठकें करने के भी निर्देश दिए

इस मौके पर विभिन्न जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

उन्होंने कहा कि सीट्र के एकता व संघर्ष के नारे ने भारी संख्या में मजदूर वर्ग को सीट्र के झंडे तले एकत्र किया है मौसम देश के मैदानी हिस्सों में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी की तपिश पहाड़ों तक भी पहुंच गई है

जिससे प्रदेशवासियों को जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है